केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि पांच महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहं या चावल और प्रत्येक परिवार को एक किलोग्राम चना पांच महीने के लिए दिया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की तीस तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढाये जाने की घोषणा की थी उन्होंने कहा था कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखे नहीं रहेंगे और मौजूदा कोविड महामारी के समय बारिश और आने वाले त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने आज मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए हैं शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने जैक के सभागार में रिजल्ट जारी किया इस साल पचहत्तर दषमलव शुन्य एक प्रतिशत छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है इस साल के परीक्षा परिणाम को वर्ष दो हजार चौदह के बाद सबसे बेहतर परिणाम माना जा रहा है पचहत्तर दषमलव शून्य एक प्रतिषत विद्यार्थी सफल हुए हैं जिलावार और टॉपर्स लिस्ट के साथ विस्तार से नतीजे जारी कर दिए गए हैं इस साल तीन लाख पचासी हजार एक सौ चौवालीस छात्रों ने परीक्षा दी इनमें दो लाख अठासी हजार नौ सौ अट्ठाईस उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं एक लाख अड़तालीस हजार इक्कावन छात्र इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए जबकि एक लाख चौबीस हजार छत्तीस छात्र द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं वर्ष दो हजार बीस की जैक मैट्रिक परीक्षा में सोलह हजार आठ सौ इक्कतालीस छात्रों ने ततीय श्रेणी में सफलता हासिल की है आज जारी किए गए मैट्रिक परीक्षा दो हजार बीस के परीक्षा परिणाम के मुताबिक कोडरमा जिला अव्वल रहा है यहां के तिरासी प्रतिषत छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं रांची को दसरा स्थान हासिल हआ है यहां के अस्सी प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है पलाम जिला को तीसरा स्थान मिला यहां के भी अस्सी दषमलव शुन्य तीन प्रतिषत छात्र इस परीक्षा में सफल रहे

इसके बाद इंटर कला आर्ट्स के नतीजे घोषित किए जाएंगे जारी रिजल्ट में एक लाख अड़तालीस हजार इक्कावन परीक्षार्थियों ने प्रथम एक लाख चौबीस हजार छत्तीस परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी जबकि सोलह हजार आठ सौ इक्कतालीस परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री ने संतोष जताते हुए सफल परीक्षार्थियों को बधाई दी है लातेहार स्थित नेतरहाट विद्यालय के मनीष कुमार कटियार स्टेट टॉपर बने हैं

इस विद्यालय में जनजातीय समुदाय अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को षिक्षा दी जायेगी

इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने बताया कि राज्य में पहले से सात एकलव्य विद्यालय संचालित हैं कोरोना महामारी के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कई विलुप्तप्राय जीव देखने को मिल रहे हैं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

वहीं कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या दो हजार एक सौ अट्ठारह हो गयी है आज रामगढ़ में चार और पलामू में दो मरीजों की पुष्टि हुई है

यह अब तक का सर्वाधिक कोरोना मरीजों के मिलने का आंकड़ा है पिछले चौबीस घंटे में चौदह लोग स्वस्थ भी हुए हैं स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या दो हजार एक सौ अठारह हो गयी है वहीं कल दो लोगों की संकमण से मौत हो गयी इस संकमण से राज्य में अबतक बाइस लोग अपनी जांन गवां चुके हैं आज हजारीबाग अस्तपताल से स्वस्थ हो चुके चौदह मरीजों को घर भेज दिया गया है इधर राज्य में मरीजों की स्वस्थ होने की दर घटकर उनहत्तर प्रतिषत हो गई है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है हालांकि राज्य सरकार की ओर से इसके प्रसार पर रोक लगाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं

वहीं धनबाद जिले के लगभग बीस पत्रकार भी संक्रमित हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिन पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर आयोजित गृह प्रवेश में सम्मिलित हुए थे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ होम क्वारंटाइन हो चुके हैं कोरोना मामलों की संख्या में हालिया तेजी को बाद राज्य में वर्तमान में स्वस्थ होने की दर घटकर उनहत्तर प्रतिशत रह गई है वहीं राज्य के कई पुलिसकर्मी नर्स और पत्रकार भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं पलामू जिले के हरिहरगंज कंटेन्मेंट जोन से दो और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है दोनों मरीज अरूरूआ खुर्द के रहनेवाले हैं दोनों को इलाज के लिए पीएमसीएच स्थित डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इसमें पांच स्वास्थ्यकर्मी और तीन आम नागरिक थे द्मका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकिनाथ की भव्य प्रातःकालीन पूजा आज हुई मंदिर पुजारी सदाशिव पंडा ने अपने सहयोगियों के साथ बाबा बासुकिनाथ का शोडषोंपचार विधि से पूजन किया कोरोना संक्रमण के कारण बाबा के मंदिर परिसर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी है

प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के दो उग्रवादियों को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

लगभग सवा ग्यारह करोड़ की लागत से इस नहर का जीर्णोद्वार किया जा रहा है पुलिस कप्तान प्रियंका मीणा ने डीएसपी मुख्यालय परमेश्वर प्रसाद और इस्पेक्टर अवधेश कुमार सेन्हा थाना प्रभारी वीरेंद्र एक्का की अगुवाई मेँ टास्क फोर्स का गठन किया था क्ड् थाना क्षेत्र अंतर्गत तान गांव में छापामारी कर संदीप भगत और सुनील भगत को गिरफ्तार किया गया संदीप भगत पीएलएफआई का एरिया कमांडर है मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राज्यभर में हल्के से मध्यम बारिष का अनुमान लगाया है

विभाग ने ब्ल अलर्ट जारी किया है इधर पुरे राज्य में एक जून से छह जुलाई तक दो सौ अड़तालीस मिमी बारिश हुई है जो सामान्य तौर पर इस दौरान होने वाली बारिश से केवल तीन फीसदी कम है हालांकि राज्य के नौ जिलों में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई है इनमें देवघर गुमला साहिबगंज पाकुड़ सरायकेला खरसावां सिमडेगा खूंटी कोडरमा गिरिडीह शामिल हैं इधर समय पर मॉनसून के दस्तक देने और पिछले एक माह में राज्य में हुई बारिश से इस साल खरीफ की अच्छी फसल के आसार हैं पूरे राज्य में मुख्य फसल धान समेत अन्य फसलों की बुआई तेजी पकड़ने लगी है